स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी

सोलह जिलों की इक्यासी लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में

महामारी से अब तक पांच सौ लोगों की मौत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे यह संबोधन हिन्दी में अब से थोड़ी देर बाद शाम सात बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा बिहार के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से राष्ट्रपति के संबोधन का मैथिली अनुवाद रात्रि साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गयी है मुख्य राजकीय समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे कोरोना संकट के चलते इसबार सादे समारोह में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पटना के गांधी मैदान में इस बार मात्र दो हजार लोगों के प्रवेश को ही अनुमति दी गयी है बच्चे और बुजुर्गों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा समारोह में शामिल होने वाले लोगों को मास्क पहनकर आने की सलाह दी गयी है आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर पर कोरोना वारियर्स को सम्मानित करेंगे इनमें पुलिस कर्मी डॉक्टर नर्स और प्लाजमा डोनर होंगे इधर पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से घरों में रहकर ही झंडोत्तोलन का लाईव प्रसारण देखने का अनुरोध किया है जिला मुख्यालय से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है इस बार जिलों में प्रभारी मंत्री झंडोत्तोलन नहीं करेंगे प्रमंडलीय आयुक्त या जिलाधिकारी तिरंगा फहरायेंगे विद्यालयों में झंडोत्तोलन होगा लेकिन विद्यार्थियों को बुलाये जाने पर रोक लगा दी गयी है स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बलों की तैनाती की गयी है रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है आने जाने वाले ट्रेनों की सघन चेकिंग हो रही है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सात प्रलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जायेगा पुलिसकर्मियों को पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और इक्यावन हजार रूपये मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे पुरस्कार पाने वालों में एसटीएफ पटना में पुलिस इंस्पेक्टर अलय वत्स वैशाली जिला बल में पुलिस इंस्पेक्टर अंजनी कुमार सिंह सारण जिला बल में एएसआई किशोरी चौधरी अशोक कुमार रूपेश वर्मा वैशाली जिला बल में एएसआई कुंदन कुमार ओझा और पटना एसटीएफ में हवलदार धीरज थापा शामिल हैं वहीं राज्य के चार पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पदक से सम्मानित किया जाएगा चयनित अधिकारियों में किशनगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडेय और संजीव कुमार तथा बेगूसराय के पुलिस अवर निरीक्षक विवेक भारती शामिल हैं वहीं सीबीआई में पदस्थापित बिहार निवासी इंस्पेक्टर विभा कुमारी को भी बेहतर अनुसंधान के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सम्मान दिया जायेगा वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में बाढ़ का संकट और गहरा गया है आज बराज से दो लाख चौबीस हजार क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया जिससे एक बार फिर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि नदी के तटवर्ती गांवों से लोगों को ऊचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ के पानी के साथ साथ लगातार बारिश होने से स्थिति बद से बदतर हो गयी है

बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक क्षति हुई है कई कच्चे घरों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है शहरी क्षेत्र में भीषण जल जमाव के कारण व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव के कारण जहां एक ओर उत्पादन ठप है वहीं पहले से उत्पादित माल बाहर भेजने में भी उद्यमियों को भारी परेशानियां हो रही है आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है

कृषि विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक सर्वेक्षण में पैंतीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल के नुकसान का आकलन हुआ है इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बारिश में कमी आने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है लेकिन बाढ़ के पानी में अभी भी कमी नहीं आयी है इस बीच स्थानीय सांसद प्रिंस राज ने जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की सरकार से मांग की है आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार इधर बागमती नदी के उफान के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज बाईसवें दिन भी रेल परिचालन बंद है वैशाली जिले में गंडक के नदी पानी से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है

कई प्रमुख मार्गो पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है महुआ से सुक्की होते हुये मुजफ्फरपुर जाने वाली मुख्य सड़क पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है इधर बाढ़ प्रभावितों ने प्रशासन द्वारा राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराने को लेकर आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह हमारे संवाददाता ने बताया है कि दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों की स्थिति सामान्य नहीं हुई है

लगातार बाईस दिनों से जमा पानी सड़ने लगा है जिस कारण महामारी का खतरा उत्पन्न हो गया है कई हिस्सों में अभी भी कमर भर पानी लगा हुआ है इधर कृषि विभाग ने बाढ़ के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन शुरू कर दिया है प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग चौरासी हजार हेक्टेयर खेत में लगी फसलों को नुकसान का अनुमान है आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा सारण के नौ प्रखंड गोपालगंज के पांच और सिवान के चार प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं पूर्वी चंपारण जिले की दस लाख बीस हजार से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है वहीं कोसी नदी में उफान के कारण सहरसा सुपौल और मधेपुरा जिले में स्थिति सामान्य नहीं हुई है किशनगंज शिवहर और सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का पानी कम होने से लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ तीस प्रखंडों की एक हजार तीन सौ तीन पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं इक्यासी लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों से पांच लाख पचास हजार से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में ग्यारह राहत शिविर और आठ सौ अठारह सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है जहां लगभग सात लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है प्रदेश की अधिकांश नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में लाल निशान से एक मीटर ऊपर है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया में लाल निशान से दो मीटर से अधिक ऊपर चला गया है वहीं नदी समस्तीपुर रोसड़ा और खगड़िया में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में लाल निशान से एक मीटर से अधिक जबकि दरभंगा के हायाघाट में लगभग दो मीटर ऊपर चली गयी है अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के एकमीघाट में लाल निशान से दो मीटर तीस सेंटीमीटर ऊपर है कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर चली गयी है महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज पूर्णिया और कटिहार में जबकि परमान नदी का जलस्तर अररिया में बढ़ रहा है गंगा नदी भागलपुर कहलगांव तथा पटना के गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान को पार कर गयी है प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के तीन हजार नौ सौ ग्यारह नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर अंठानवे हजार तीन सौ सत्तर हो गयी है आज सबसे अधिक पटना से चार सौ चौरासी मामलों की पुष्टि हुई है अररिया से दो सौ पचासी कटिहार से दो सौ संतावन सीतामढ़ी से एक सौ निन्यानवे पूर्वी चंपारण से एक सौ पचहत्तर मधुबनी से एक सौ अड़तालीस बेगूसराय से एक सौ छियालीस मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से एक सौ तैंतीस एक सौ तैंतीस तथा गया से एक सौ बत्तीस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा दरभंगा तथा जहानाबाद से एक सौ तेरह एक सौ तेरह नालंदा से एक सौ सात सहरसा और सारण से एक सौ छह एक सौ छह औरंगाबाद से निन्यानवे पश्चिम चंपारण से तिरानवे और रोहतास से अट्ठासी मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में दो हजार आठ सौ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर पैंसठ हजार तीन सौ सात हो गयी है स्वस्थ होने की दर छियासठ दशलमव तीन नौ प्रतिशत है वहीं एक दिन में सोलह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पांच सौ हो गया है प्रदेश में आज लगातार द्रसरे दिन एक लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गयी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सभी जिलों में एक लाख इक्कीस हजार तीन सौ बीस नमूनों की जांच हुई है राज्य में अब तक चौदह लाख अंठानवे हजार सात सौ बावन नमूनों की जांच हो चुकी है राजधानी पटना में कोविड मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है आज जिले में चार सौ चौरासी मामलों की पुष्टि हुई जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर पन्द्रह हजार आठ सौ अड़सठ हो गयी है जिले में अब तक चौरानवे लोगों की मौत हो चुकी है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस संक्रमण के चौंसठ हजार पांच सौ तिरेपन नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौबीस लाख इकसठ हजार एक सौ इक्यानवे हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में पचपन हजार पांच सौ तिहत्तर लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर सत्रह लाख इक्यावन हजार पांच सौ छप्पन हो गयी है वहीं एक दिन में एक हजार सात लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अड़तालीस हजार चालीस हो गया है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी है श्री शाह ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी उन्होंने अपने सभी शुभचिंतकों और अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है श्री शाह अभी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे इस महीने की शुरूआत में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गृहमंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया था पूर्व विधान पार्षद् और जदयू नेता रविन्द्र तांती की कोविड उन्नीस से मौत हो गयी है उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गहरी संवेदना व्यक्त की है मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के सलाहकार डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय लोगों को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और भ्रामक खबरों से नहीं घबराना चाहिए

ये स्ट्रेस रिडियूज करने में हमारा बहुत मदद करते हैं

इन सभी को होम आईसोलेशन में रखा गया है शेखपुरा जिले के विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी

सोलह जिलों की इक्यासी लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में

महामारी से अब तक पांच सौ लोगों की मौत